इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा जिले के दौरे के दूसरे दिन आज नूरपुर में भाजपा युवा मोर्चा और इंदौरा में महिला मोर्चा के सम्मेलनों को संबोधित करेंगे सुरेश कश्यप शिमला लोकसभा चुनाव क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने शिमला जिला के रोहडू में कल भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन से अपना जन सम्पर्क अभियान आरंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने देश के सभी वर्गो के उत्थान के लिए कार्य किए हैं और केंद्र की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को मिला है सुरेश कश्यप ने कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है ताकि भारत विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हो सके उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी समाज के सभी वर्गो के हित के लिए कई नई योजनाएं आरंभ की हैं सुरेश कश्यप जन संपर्क अभियान के तहत आज जुब्बल कोटखाई का दौरा करेंगे

नशा उन्मूलन कुल्लू जिला पुलिस ने नशा उन्मूलन के लिए पिछले वर्ष सहभागिता हमारी और आपकी अभियान शुरू किया जो बेहद सफल साबित हो रहा है

उन्होंने कहा कि इस दौरान युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक किया गया कुल्लू में कल अभियान की वर्षगांठ मनाई गई और जिला उपायुक्त युनुस इस मौके बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे संस्था चम्बा जिले की चाईल्ड लाईन संस्था द्वारा बाल संरक्षण के संबंध में कई कार्य किए जा रहे हैं और अब तक संस्था ने बाल मजदूरी बाल शोषण सहित बाल विवाह के अनेक मामले निपटाए हैं संस्था के जिला समन्वयक कपिल शर्मा ने कल चम्बा में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि जिले की भौगोलिक परिस्थितियों के चलते यहां बाल विवाह के काफी मामले सामने आते हैं उन्होंने कहा कि संस्था इन सामाजिक बुराईयों पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत्त हैं एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन से संबंधित खबर आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित है अमर उजाला की सुर्खी है टिकटों पर माथापच्ची के बीच वीरभद्र दिल्ली रवाना राजेंद्र राणा भी बुलाए पंजाब केसरी लिखता है हमीरपुर संसदीय सीट पर फंसे पेंच के बीच वीरभद्र सिंह पहुंचे दिल्ली दिव्य हिमाचल का शीर्षक है टिकटों पर हाईकमान से बात करेंगे वीरभद्र दैनिक जागरण और हिमाचल दस्तक के लगभग एक जैसे शब्द हैं टिकटों पर उलझी कांग्रेस वीरभद्र सिंह पहुंचे दिल्ली अमर उजाला ने खबर दी है कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच अमित शाह से मिले चंदेल इसी समाचार पत्र के अनुसार हिमाचल में धूमल को सौंपी चुनावी रणनीति की कमान दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है सुखराम के लिए परिवार हमारे लिए देश पहले मंत्री अनिल शर्मा को विवेक से लेना होगा फैसला जबकि दैनिक जागरण ने बकौल अनिल शर्मा सुर्खी दी है सत्ता के लिए बेटे का विरोध नहीं कर सकता दैनिक भास्कर की एक खबर है हेल्थ सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी लाने की तैयारी इन्वेस्टर मीट के मददेनजर तैयार किया ड्राफ्ट वन भूमि पर रोक से सारे बड़े प्रोजेक्ट ठप्प शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है सिल्वीकल्वर कमेटी की रिपोर्ट पर शीर्ष अदालत ने एससीए एफआरए मंजूरियां रोकीं ग्रीष्मकालीन स्कूलों मे इस बार अप्रैल में नहीं होंगी छुट्टियां अमर उजाला की एक अन्य खबर है मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल में बर्फबारी के बाद खिली धूप ठंड से मिली राहत